मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित व संचालित दो मोबाईल ऐप्प का शुभारंभ भी किया एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी अजय चाहल ने बताया कि बजट हिमाचल प्रदेश और ईक्नॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश नाम से ये दोनों ऐप्प गुग्गल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है इनसे नए आर्थिक सर्वेक्षण सहित आगामी वित्त वर्ष के बजट के बारे में जानकारी ली जा सकती है शिमला के आईजीएमसी में दाखिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के आज कुछ चिकित्सीय टैस्ट किए जायेंगे अस्पताल के उप चिकित्सा अघीक्षक डॉ राहुल रॉव ने बताया कि वीरभद्र सिंह पूरी तरह तन्दरूस्त है और उनके टैस्ट सामान्य जांच के लिए किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि इन टैस्टों के बाद वीरमद्र सिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी उल्लेखनीय है कि कल वीरभद्र सिंह को आईजीएम सी में दाखिल कराया गया था जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिन्दल समेत कई नेताओं ने उनका कुशल क्षेम पूछा

पैदल आने जाने वाले यात्रियों को बचाव चौकी में अपना पंजीकरण करवाने की सलाह दी गई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कल विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए बजट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला का शीर्षक है पहले बजट में जयराम ने दी सबको सौगात पंजाब केसरी के शब्द हैं जयराम के पहले बजट में सबके लिए कुछ न कुछ कृषकों बागवानों और युवाओं के लिए बहुत कुछ दैनिक जागरण लिखता है सब को जय श्री राम सीमित संसाधनों के बावजूद जयराम ने सबको रिझाया

हिमाचल दस्तक के अनुसार मोदी के सहारे राम राज्य की कल्पना जयराम के पहले बजट का फोकस किसान व रोजगार आपका फैसला का कहना है जयराम सरकार के पहले बजट में गांव गाय व किसान पर फोकस बजट प्रतिकिया पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से हिमाचल दस्तक लखता है चुनावी घोषणा पत्र भूल गई सरकार कहा बिना ऋण से नहीं चल सकती कोई भी सरकार दैनिक जागरण और हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है मोदी के सहारे निकलेगी विकास की राह मुख्यमंत्री बोले खनन जल विद्युत और वनों से राजस्व बढ़े गा

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं छोटे उपायों से बड़े लक्ष्यों पर निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह की तबीयत खराब होने और उन्हे आईजीएमसी शिमला में भर्ती किए जाने की खबर भी आज सभी अखबारों में प्रकाशित है दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय सबक कब सीखेंगे में लिखता है जब तक सबक नहीं सीखा जाता और यातायात नियमों का पालन सुरक्षा के नजरिये से नहीं किया जाता तब तक सड़क हादसों मे कमी आना नामुमकिन है आपका फैसला अपने सम्पादकीय किसान हितैषी बजट में लिखता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही बजट में ऐसे काफी प्रस्ताव किए है जिनमें खासतौर पर किसान बागवान को समृद्व बनाने की सोच झलकती है